मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेंगलुरू में आयोजित इनवेस्ट नॉर्थ कार्यक्रम में उद्यमियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए किया आमंत्रित रुद्रपुर में एक एकड़ जमीन में बनेगा तराई विकास संघ का भवन रिक्त पदों पर भी होगी नियुक्ति

आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशव्यापी फिट इंडिया अभियान की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि फिटनेस भारत में जीवन का अनिवार्य हिस्सा रहा है लेकिन समय के साथ लोग इसके प्रति उदासीन हो गये हैं उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी के आने के साथ ही शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं फिटनेस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनियमित जीवनशैली से मध्यमेह और रक्तचाप से संबंधित बीमारियां हो रही हैं जो जीवनशैली में परिवर्तन से ठीक हो सकती हैं उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान लोगों को इन बदलावों के लिए प्रेरित करेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहल समय की जरूरत है और इससे देश का स्वस्थ भविष्य होगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा आज का दिन भारत के नौजवान खिलाड़ियों को बधाई देने का है जो विश्व मंच पर देश के तिरंगे को लगातार नया गौरव प्रदान कर रहे हैं उन्होंने कहा कि चाहे बैडमिंटन टेनिस एथलेटिक्स बॉक्सिंग कुश्ती या अन्य कोई भी खेल हो भारतीय खिलाड़ी देश की आशाओं और आकांक्षाओं को नये पंख दे रहे हैं स्लग खेल दिवस सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के खिलाड़ियों और युवाओं को राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि एक स्वस्थ नागरिक एक स्वस्थ समाज और मजबूत देश का निर्माण करता है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को हर सम्भव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है

चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के स्कूली छात्राओं को प्रधानमंत्री के भाषण को सुनाया गया छात्राओं ने फिट इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाने का संकल्प भी लिया खेल दिवस पर जिले के गोरलचौड़ मैदान सहित अन्य स्थानों पर भी विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया उधर उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम में बालक और बालिका वर्ग की जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ स्लग सीएम बेंगलुरू मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखण्ड तेजी से निवेश के लिए मुख्य गंतव्य स्थल के रूप में विकसित हुआ है यह देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है बेंगलुरू में आयोजित आठवें इनवेस्ट नॉर्थ कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने डीपीआईआईटी और विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित विभिन्न व्यावसायिक सुधार किए हैं पर्वतीय राज्यों द्वारा किए गए व्यापार सुधारों के मामले में भी उत्तराखण्ड अग्रणी है मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिकीकरण की अपार सम्भावनाएं हैं इसके साथ ही सरकार का ध्यान ऐसी परियोजनाओं पर भी केंद्रित है जिससे राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जा सके

उन्होंने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिये गये है राज्यमंत्री ने कहा कि तराई विकास सहकारिता संघ के लिए और भी पद स्वीकृत किये जाएंगे और रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की जायेगी इस मौके पर उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदेश के टॉपर बच्चों की आधी फीस माफ करने का फैसला किया है स्लग किसान सम्मानित बागेश्वर जिले में आत्मा परियोजना के तहत कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उन्नीस किसानों को सम्मानित किया गया

इस मौके पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने उद्यान और कृषि विभाग के अधिकारियों को जिले के प्रगतिशील किसानों को ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कराने के निर्देश दिये जहां किसी फसल का क्लस्टर के रूप में उत्पादन किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि फुटपाथों गलियों सड़कों और अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों और अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के बाद दोबारा अतिक्रमण की शिकायत मिली है इसका संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में और ज्यादा तेजी लायी जाएगी उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों से खुद अतिक्रमण हटाने की अपील की है उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण टास्क फोर्स द्वारा हटाया जाता जाता है तो इसकी वसूली नियमानुसार भू राजस्व के रूप में संबंधित भवन स्वामी से की जायेगी स्लग बैठक रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने स्वास्थ्य विभाग को तत्काल ऐसी आशाओं को हटाने के निर्देश दिए हैं जिनके क्षेत्र में होम डिलीवरी हो रही है विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आशाएं आगंनबाड़ी कार्यकत्री और एएनएम को ऐसे दंपतियों पर विशेष नजर बनाये रखे जिनकी दो या उससे अधिक बेटियां है बैठक में स्वास्थ्य व बाल विकास विभाग को गांवों में खुली बैठक कर प्रत्येक गांव में दस सदस्यीय बेटी बचाओ समिति बनाने के निर्देश दिए गए वहीं महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली समिति को पुरस्कृत करने की भी योजना है

प्रशिक्षण में बताया गया कि जनता की सहूलियत और शिकायत प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिये क्षेत्रीय भाषाओं में भी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है

इसके तहत जैविक अजैविक कूड़े को अलग अलग निस्तारित करने के साथ ही नगर को प्लास्टिक कैरी बैग से मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा पखवाड़े के दौरान स्वच्छता चौपाल नुक्कड़ नाटक वाद विवाद प्रतियोगिता और जागरूकता रैलियों का आयोजन किया जाएगा